ये घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज धर्मप्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए की

मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि प्रदेश में अभी तक ॅसभी नई सरकारों के पहले फैसले आमतौर पर राजनीति से प्रेरित होते थे लेकिन वर्तमान सरकार ने इस प्रथा को बदला है जयराम ठाक्र ने कहा कि वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश में पूरी तरह से विघटित है और सभी नेता अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं इस अवसर पर मंत्रिमण्डल के सदस्य महेन्द्र सिंह ठाकुर अनिल शर्मा विपिन परमार सहित सांसद अनुराग ठाकुर विधायक कर्नल इंद्र सिंह विनोद कुमार इंद्र सिंह गांधी जवाहर लाल ठाकुर प्रकाश राणा और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे मुख्यमंत्री ने इस दौरान करोड़ों रूपए की विकास योजनाओं की आधारशिला भी रखी बालिका दिवस आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है इस वर्ष का विषय है सुनहरे कल के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने इस अवसर पर कहा कि सरकार ने बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं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 इस अवसर पर प्रदेशभर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कांगड़ा ज़िला के रैत में मातृशक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना समाज का चहंमुखी विकास संभव नहीं है उन्होंने कहा कि उज्जवल कल के लिए बेटियों का सशक्तिकरण आवश्यक है प्रदेश रैडक्रॉस सोसायटी की अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर ने शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि महिलाएं समाज का अभिन्न अंग हैं

ये संदेश आकाशवाणी के एफएम चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा

सुरेश भारद्वाज ने इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को गुणात्मक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्व है और इस दिशा में दृढ़ प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने विधानसभा के समीप निर्माणाधीन डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर पुस्तकालय भवन का निरीक्षण किया और इसे भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य को विकास की नई राह पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप राठौर द्वारा प्रदेश सरकार को निष्क्रिय कहने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वीरेन्द्र कवर ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की आपस में हुई झड़प से प्रदेश शर्मसार हुआ है उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाए बना रही है जबकि कांग्रेस इन योजनाओं से बौखलाकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है समीक्षा कार्यवाहक मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने शिमला शहर के लिए सुन्नी के चाबा से निर्माणाधीन उठाऊ पेयजल योजना को निर्धारित समय अवधि पर पूरा करने के लिए इस पर कार्य की गति बढ़ाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं योजना के कार्यान्वयन पर आज शिमला में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बाल्दी ने कहा कि राज्य सरकार इस योजना को आगामी गर्मियों के मौसम से पहले पूरा करना चाहती है ताकि शिमला में दोबारा पानी की किल्लत न हो

बैठक के दौरान बताया गया कि योजना पर काम संतोषजनक ढंग से चल रहा है और पंपिंग मशीनरी खरीदने के भी आदेश दे दिए गए हैं दुर्घटना कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात रायसन के पास एक वैन के सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा जाने से दो लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया जिसे उपचार के लिए पीजी आई चण्डीगढ़ रैफर किया गया है ज़िला पुलिस अधीक्षक शालीनि अग्निहोत्री ने कहा कि ये दुर्घटना संभवत तेज़ गति के कारण हुई है